मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

वह आज वीडियो कांफ्रेंस को माध्यम से नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित बहमंजिला फ्लैट का उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नई लोकसभा सत्र के दौरान ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं

बहुत तेजी के साथ फैसले ले रही है

राज्यसभा ने भी शत प्रतिशत काम किया ये परफोरमन्स पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा है श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किये गए कई भवनों के निर्माण का काम अपने निर्धारित समय से पहले ही पूरा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान उसे टालने से नहीं किया जा सकता बल्कि उनका मुकाबला करके और समाधान ढूंढ कर किया जाता है श्री मोदी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी संसद का सत्र नय दिशा निर्देशों और विभिन्न ऐहतियाती उपायों के साथ आयोजित किया गया बाइट कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना हर किसी ने सहयोग किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा की कार्य क्षमता मं वृद्धि हुई है क्योंकि देश परिवर्तन के लिए नई दिशा में बढना चाहता है उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार निर्वाचित तीन सौ से भी ज्यादा संसद सदस्यों ने इस सत्र में भाग लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों ने संसद के कार्य निष्पादन और प्रक्रिया दोनों का ध्यान रखा जिससे इस दिशा में नये मानक स्थापित हुए उन्होंने सदन की कार्यवाही को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिये सभी तैयारियां सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से पूरी की जानी चाहिये मूख्यमंत्री ने राज्य में अवैध मदिरा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला कर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये

मुख्यमंत्री आज लखऊ में अवस्थापना और औद्योगिक विकास तथा कामगार और श्रमिक रोजगार से संबंधित एक कार्यक्रम की एक बैठक की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कामगारों और श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने और उससे बचाव के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं उसी प्रकार कामगारों और श्रमिकों को राजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई व्यापक स्तर पर की जा रही है

समरोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे

प्रदेश सरकार ने लोगों के कार्यक्रमों में भाग लेने के अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए अब सामाजिक शैक्षिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को सौ तक निर्धारित कर दिया है

मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी द्वारा जारी आदेशाऩसार किसी भी बंद स्थान जैसे हाल या कमरे की निर्धारित क्षमता का पचास प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम सौ व्यक्तियों तक ही फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जायेगा इसके साथ साथ खुले स्थान या मैदान पर कार्यक्रम में ऐसे स्थानों की क्षेत्रफल की चालीस प्रतिशत क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमति होगी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

प्रदेश में प्रशासन द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार आज से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज फिर से खुलने श्रू हो गये हैं

कॉलेजों के खुलने के पहले दिन आज छात्र छात्राओं की उपस्थिति काफी कम दर्ज की गई

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा मेले से पूर्व आज चौदहकोसी परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है यह आयोजन बीती मध्य रात के बाद शुरू हुआ

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी जनपदों से आने वाले श्रद्वालुओं से परिक्रमा में शामिल न होने की अपील की गई एक रिपोर्ट अयोध्या के प्रसिद्द कार्तिक प्रर्णिमा मेले के प्रथम चरण में गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही मध्य रात्रि से श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा चौदह कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते परिक्रमा मार्ग परिक्रमार्थियों से भर गया सम्पूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोष महिलाओं के परम्परागत गीत और संत महंतों साध्रओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाये हैं और प्रशासन क्लोस सर्किट टी वी के माध्यम से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है पौराणिक मान्यता है अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कभी क्षय नहीं होते क्योंकि इस तिथि को न केवल द्वापर का प्राकट्च हुआ बल्कि अयोध्या भी धरा धाम पर अवतरित हुई शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई परिक्रमा भूरू मुवरू स्वरू मह जप तप सत अतल वितल सुतल रसातल तलातल महीतल व पाताल के नाम वाले चौदह भुवनों के आवागमन से जीव को मुक्त कर देती है